राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विमाग और वेल्कम ट्रस्ट के बीच भागीदारी की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मध्यमेह उच्च रक्तचाप और इदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं राष्ट्रपति ने कहा कि म्यूमेह से पीड़ित भारतीयों की संख्या पिछले पच्चीस वर्षो में दो करोड़ साठ लाख से बढ़कर साढ़े छह करोड़ हो गई है दिवंगत नेता अनन्त क्मार का आज बेंगलूरू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया केन्द्रीय मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा राज्य सरकार में मंत्री डी के शिवकुमार विवान परिषद के अध्यक्ष बसवाराज होरत्ती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी एस युदियुरप्पा और अन्य नेता तथा हजारों लोग अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल रात दिवंगत नेता के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी और अपनी सम्बेदना व्यक्त की दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि देने के लिए आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हई मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया एक प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि देश ने एक अनुषवी नेता खो दिया है उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया केन्द्रीय मंत्री श्री अनन्त कुमार का कल तड़के दो बजे बंगलूरू में निधन हो गया था वह उन्सठ वर्ष के थे अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में श्री अनंत कुमार ने संसदीय कार्य पर्यटन संस्कृति युवा और खेल मामलों शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री के रूप में काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वे सबसे युवा मंत्री थे श्री कुमार कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे राज्य मंत्रिपरिषद की आज लखनऊ में सम्पन्न बैठक में नौ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हई इस बैठक में इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल और फैजाबाद मंडल का नाम अयोध्या मंडल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है काबीना बैठक के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित प्रेस काफ्रेंस में अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार सात सौ रूपये निर्धारित किया है इसके अलावा किसानों को दुलाई के लिए बीस रूपये प्रति कुन्तल की दर से खर्च भी दिया जायेगा सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन मक्का की खरीद का लक्ष्य भी रखा है इसके लिए बजट में दो हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अन्य महत्वूर्ण निर्णय लिए गये केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से प्रवर्तन एजेंसियों की अपेक्षाओं के अनुरूप आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाने के लिए चौबीस घंटे सक्रिय तंत्र सुनिश्चित करने को कहा है गृह सचिव राजीव गौबा ने ऐसी सामग्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए कल नई दिल्ली में टिवटर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्हें इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने और भारत में ऐसे शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी जो दिन रात उपलब्ध रहें सूर्योपासना का महापर्व छठ आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह और उल्लास के बीच परम्परागत ढंग से मनाया जा रहा है श्रद्वालुओं ने अब से कुछ देर पहले नदियों तालाबों और अस्थायी तौर पर बनाये गये पोखरों के तटों पर खड़े होकर अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया श्रद्वालु कल खरना पूजन के बाद से उपवास पर हैं कल सुबह उगते हये भगवान भाष्कर को अर्घ्य देने के बाद श्रद्वालुओं का व्रत सम्पन्न होगा इस बीच पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में सभी नदियों और तालाबों के तटों पर आज दोपहर बाद से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लग गयी इन सभी स्थानों पर छठ पर्व से जुड़े लोक गीत गाये जा रहे थे इससे पूर्व आज सुबह बाजारों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही लोगों ने आखिरी समय तक छठ पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीददारी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के अक्सर पर लोगों को बधाई दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि छठ पूजा देश के प्राचीनतम महापवों में से एक है जिसमें श्रद्वालु भगवान सूर्य की आराघना करते है और प्रकृति के उपहार नदियों झीलों और तालाबों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और श्मकामनाएं दी हैं अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व हमें प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देता है इससे सामाजिक समरसता और सौहार्द में बढ़ोत्तरी होती है